राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि पिछले चौबीस घंटे के दौरान बारह सौ निन्यानवें नए मरीज मिले जबकि ग्यारह संक्रमितों की हुई मौत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकता है गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए कल दिशानिर्देश जारी किए हैं

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा

इनमें मास्क लगाना सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा

ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा

इसके लिए छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी

कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा और केवल गृह मंत्रालय की मंजूरी से ही इसकी अनुमति दी जाएगी

राज्य में आनलॉक की प्रकिया के तहत होटल रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति मिल गयी है गाइडलाइन के अनुसार यहां भी क्षमता से आधे लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी होटलों और शॉपिंग माल के संचालकों का कहना है कि कोराना को लेकर सरकार द्वारा तय मानको के आधार पर ही काम किया जायेगा राज्य के अंदर एक सितंबर से शर्तों के साथ अंतर जिला बस परिचालन सेवा शुरू करने की राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इसके तहत कुल क्षमता का पचास प्रतिशत यात्रियों के साथ बसें चलाने की अनुमति दी गई है बसों में अनिवार्य रुप से सूचना यात्री पंजी रखनी होगी जिसमें यात्रियों की पूरी जानकारी होगी सभी बसें परमिट प्राप्त रूटों पर ही चलाई जाएगी और निर्धारित पड़ाव पर ही रुकेंगी यात्रियों के साथ ड्राइवर खलासी को फेस कवर या मास्क पहनना जरूरी होगा नये गाइडलाइन के अनुसार बसों में कुल सीटों की तुलना में आधे यात्री को ही बैठने की अनुमति दी गयी है कोराना संक्रमित और जांच का सैंपल देने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट आने तक बस में बैठन की इजाजत नहीं है बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी अनिवार्य रूप से की जाएगी यात्रा के दौरान ध्रुम्रपान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी हर यात्रा के बाद बसों को सैनिटाइज करना होगा

राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है कल राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान बारह सौ निन्यानवें नए मरीज मिले जबकि ग्यारह संक्रमितों की मौत हो गयी है वहीं नौ सौ अंठावन लोग स्वस्थ्य हुए हैं कल राजधानी रांची में दो सौ संतावन नये संक्रमितों की पुष्टि की गयी है

लातेहार जिले के उपायुक्त जिशांत कमल ने कोरोना संक्रमण के जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है

उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के अधिकारी देशी जनजातीय समूहों के कल्याण कार्यों के लिए पोर्टब्लेयर में स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में हैं ट्वीप समूह में छह अनुसूचित जनजातियां हैं निकाबोरीज को छोड़कर अन्य पांच जनजातियों ग्रेट अंडमानीज जारवा सेंटीनिलीज ओंगे और शोम्पेन को दुर्बल जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है

उन्होंने बताया कि केवल शुन्य दशमलव दो नौ प्रतिशत मरीज वेंटिलेटर पर हैं एक दशमलव नौ तीन प्रतिशत आई सी यू में हैं और मात्र दो दशमलव आठ आठ प्रतिशत मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है

इस संबंध में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने बताया कि गांजा अवैधरूप से उड़ीसा से बहरागोड़ा होते हुए पटना ले जाया जा रहा था

गिरफ्तार लोगों में एक पटना फुलवारी शरीफ के मोहम्मद अमीन और पटना जानीपुर के मोहम्मद नाजिम शामिल है इनके पास से दो मोबाइल और एक स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया मुस्लिम धर्मावलंबियों का मातमी त्योहर मुहर्रम आज सादगी से मनाया जा रहा है कोरोना संकमण के कारण इस बार सामूहिक मजलिस के बजाय ऑनलाइन मजलिस हो रही है इस दौरान आज यौम ए आशुरा के दिन लोग अपने घरों में सादगी से मातम मनायेंगे चतरा जिला मुख्यालय समेत कई प्रखंडों में आयोजित होने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों के मातमी पर्व मोहर्रम को लेकर शहर में कल शाम फ्लैग मार्च निकाली गई फ्लैग मार्च सदर थाना परिसर से निकली जिसका नेतृत्व बीडीओ हारून रशीद और पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी लव कुमार संयुक्त रूप से कर रहे थे उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मुहर्रम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग आपसी सद्भाव तथा समरसता के साथ मनाये उन्होंने खासतौर लोगों से अपील कर कहा कि वे सोशल डिस्टेसिंग का पालन विशेष रूप से करें मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर कल क्रीड़ा भारती लोहरदगा द्वारा खेल दिवस मनाया गया इस मौके पर क्रीड़ा भारती के अधिकारियों द्वारा मेजर ध्यानचंद के जीवनी पर प्रकाश डाला गया और खेल के महत्व पर भी विचार रखे गए साथ ही वर्तमान में चल रहे कोरोना माहमारी से बचाव और सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों की जानकारी दी गई

हिंदुस्तान अखबार ने राज्य के अंदर बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गए गाइडलाइन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने राज्य में बस परिचालन के गाइडलाइन के तहत वाहनों की सीटों पर क्षमता से आधे यात्रियों के बैठने और कैबिन में इंट्री बैन के शीर्षक को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने जेईई नीट पर केन्द्र सख्त राज्यों को किया अगाह शीर्षक की खबर को प्रमुखता से छापा है रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के वक्तब्य जरूरत पड़ी तो फिर से लागू हो सकता है लॉकडाउन के शीर्षक को प्रमुखता दी है